यूपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा दो हजार अट्ठारह के नतीजे घोषित किए आगामी एक अक्टूबर को होगी मुख्य परीक्षा

पुलिस कल्याण बैठक प्रदेश में पुलिसकर्मियों की सुविधाओं को बढ़ाने और सहायता निधि में बढ़ोत्तरी करने का निर्णय लिया गया है इस संबंध में आज रायपुर में पुलिस महानिदेशक एएन उपाध्याय की अध्यक्षता में पुलिस केंद्रीय कल्याण समिति और संयुक्त परामर्शदात्री परिषद की बैठक हई आधिकॉरिक सूत्रों के मुताबिक संकट निधि से पुलिसकर्मियों को गंभीर बीमारी और प्राकृतिक आपदा के समय दी जाने वाली सहायता राशि को चालीस हजार रूपये से बढ़ाकर एक लाख रूपये किया गया है वहीं परोपकार निधि के अंतर्गत पुलिस बल के आश्रितों को दी जाने वाली सहायता राशि दोगुनी की गई है सामान्य मृत्यु पर पचास हजार रूपये के स्थान पर एक लाख रूपये और शहीद के परिजनों को एक लाख के स्थान पर दो लाख रूपये की राशि दी जाएगी सहायक आरक्षक और गोपनीय सैनिकों को भी परोपकार निधि के दायरे में लाया जाएगा शहीद परिवारों को दी जाने वाली शहीद सम्मान निधि की राशि चार लाख से बढ़ाकर पांच लाख रूपये किया गया है इसी तरह पुलिसकर्मियों के बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा निधि को आठ सौ से पंद्रह हजार के स्थान पर तीन हजार से तीस हजार रूपये तक किया गया है पुलिसकर्मियों के सिर्फ एक बच्चे को शिक्षा निधि के तहत मिलने वाली राशि अब दूसरे बच्चों को भी दी जाएगी बैठक में एमिनिटी फण्ड के अंतर्गत पुलिस विभाग की बड़ी इकाई को पांच लाख और छोटी इकाई को तीन लाख रूपये स्वीकृत किया गया है इसके अलावा बिलासपूर और दुर्ग में सामुदायिक भवन और मनोरंजन केंद्र बनाए जाएंगे सभी इकाई मुख्यालयों में जिम की स्थापना भी की जाएगी बैठक में कल्याण निधि के अंतर्गत एडीजी को पांच लाख आईजी को तीन लाख और इकाई प्रमुख को एक लाख रूपये तक स्वीकृत के अधिकार दिए गए हैं उल्लेखनीय है कि हाल ही में पुलिसकर्मियों के परिजनों ने राजधानी रायपुर सहित विभिन्न जिलों में आंदोलन किया था

वे यहां वीआईपी रोड स्थित एक होटल में छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में व्यापारियों और उद्योगपतियों को करों में आ रही दिक्कतों को लेकर चर्चा करेंगे श्री गोयल इसके बाद साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड एसईसीएल के अधिकारियों की भी बैठक लेंगे और कामकाज की समीक्षा करेंगे यूपीएससी परिणाम संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा दो हजार अट्ठारह के नतीजे घोषित कर दिए हैं प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को ुमुख्य परीक्षा में बैठना होगा जो आगामी एक अक्टूबर को आयोजित की जाएगी इस परीक्षा में करीब तीन लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे उल्लेखनीय है कि यूपीएससी आईएएस आईएफएस और आईपीएस सहित अन्य सेवाओं के अधिकारी चुनने के लिए प्रारंभिक मुख्य और साक्षात्कार तीन चरणों में सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है परीक्षा परिणाम यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया है उम्मीदवार वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं स्मारक फोटोग्राफी केंद्र सरकार ने अजंता गुफा लेह पैलेस और ताजमहल को छोड़कर केंद्र संरक्षित सभी स्मारकों और धरोहर के अंदर फोटोग्राफी की अनुमति प्रदान कर दी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के इस फैसले का स्वागत किया है एक टवीट में श्री मोदी ने कहा है कि ऐसा करना बेहद जरूरी था प्रधानमंत्री ने कहा कि इस फैसले का यह भी मतलब है कि अधिक से अधिक लोग सुंदर और ऐतिहासिक स्थलों की तस्वीर या चित्र देखकर उन स्थलों के भ्रमण की योजना तैयार करें सौर ऊर्जा नीति सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार सौर ऊर्जा नीति में बदलाव करने जा रही है मुख्य सचिव अजय सिंह की अध्यक्षता में कल रायपुर में आयोजित सशक्त समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ सौर ऊर्जा नीति दो हजार सत्रह दो हजार सत्ताईस में आवश्यक सुधार और संशोधन किये जाने के संबंध में गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श किया गया मुख्य सचिव ने नीति में किये जाने वाले सुधारों और संशोधनों का विस्तृत विश्लेषण करने तथा परीक्षण करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं जिले की चिटठी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजे जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा प्रसारित किया जाएगा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 इस बार के अंक में बस्तर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी खनन उद्योग पुरस्कार खनन उद्योग के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को तीन राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है इंदौर में आयोजित चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन में छत्तीसगढ़ सरकार को पुरस्कारों की सभी तीन श्रेणियों में विजेता घोषित किया गया केन्द्र की नई खनिज नीति के अनुरूप पारदर्शिता और उत्कृष्टता के साथ खदानों की नीलामी पर केन्द्रीय खान मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर के हाथों छत्तीसगढ़ को इन पुरस्कारों से नवाजा गया यह पहला अवसर है जब छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ तीन उच्च स्तरीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस उपलब्धि पर खनिज विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है खनिज विभाग के सचिव सुबोध कुमार सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा केन्द्र की नई राष्ट्रीय खनिज नीति पर पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ अमल किया जा रहा है अब तक पांच खदानों की नीलामी की जा चुकी है जिनसे सत्ताईस हजार करोड़ रूपए का राजस्व मिलने की संभावना है संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म अलरमेल मंगई डी को खदान नीलामी से संबंधित सभी कार्यों में सम्पूर्ण सफलता के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया वहीं संयुक्त संचालक अनुराग दीवान को नीलामी प्रक्रिया के लिए और डॉक्टर डीआर पटेल को खदानों को चिन्हांकित करने तथा नीलामी की सफल तैयारियों पर अलग अलग पुरस्कार प्रदान किए गए ईडी कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ सालभर के भीतर दूसरी बड़ी कार्रवाई की है इस बार कंपनी की एक सौ एक करोड़ रूपये की संपत्ति जब्त की गई है उल्लेखनीय है कि सालभर पहले इस कंपनी की लगभग दो सौ छह करोड़ रूपये की संपत्ति ईडी द्वारा जब्त की गई थी ईडी के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक मनी लॉड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत कंपनी के सिलतरा रायपुर के कार्यालय सहित एकीकृत इस्पात संयंत्र लगभग अस्सी करोड़ रूपये और बिलासपुर में लगभग इक्कीस करोड़ रूपये की संपत्ति जब्त की गई है ईडी की जांच के मुताबिक कंपनी पर रायगढ़ के गारेपालमा सब ब्लॉक धोखाधड़ी और गलत तरीके से हासिल करने के साथ ही अवैध रूप से कोयला निकालने का आरोप है राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता भवन निर्माण के क्षेत्र में हो रहे बदलाव और नई तकनीक से अवगत कराने के लिए रायपुर में राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता दो हजार सोलह पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आज समापन हो गया इसमें छत्तीसगढ़ सहित देशभर से भवन निर्माता इंजीनियर और निर्माण कार्यो से जुड़े संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हए कार्याशाला में देशभर से जुटे विशेषज्ञों ने निर्माण की हर बारीकियों की जानकारी देते हुए बताया कि निर्धारित दिशा निर्देशों और मापदंडों का पालन अनिवार्य है इससे पहले लोक निर्माण मंत्री राजेश मृणत ने कार्यशाला के उदघाटन समारोह में भवन निर्माण से जुड़े लोगों को दूरगामी सोच के साथ कार्ययोजना बनाकर निर्माण कार्यों को पूरा करने का आव्हान किया साथ ही उन्होंने निर्माण कार्यो में गुणवत्ता के साथ साथ समय सीमा का भी विशेष ध्यान रखने की बात कही भारतीय मानक ब्यूरो की प्रमुख सुरीना राजन ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया रथयात्रा भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा का पर्व आज छत्तीसगढ़ में भी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है सुबह से ही मंदिरों में श्रद्वालुओं का तांता लगा रहा और दिनभर पूजा अर्चना का दौर जारी रहा इस मौके पर भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा को रथ पर सवार कर यात्रा निकाली गई रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में आयोजित रथयात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में श्रद्वालू शामिल हुए इसके अलावा राजधानी की पुरानी बस्ती स्थित प्राचीन जगन्नाथ स्वामी मंदिर और सदर बाजार स्थित जगन्नाथ मंदिर से भी रथयात्रा निकाली गई प्रदेश के अन्य जिलों में भी आज भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा निकाली जा रही हैं बीजापुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के जवानों ने भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा निकाली इसके पहले जवानों और श्रद्वालुओं ने भगवान जगन्नाथ की विधिवत् पूजा अर्चना की और प्रसाद का वितरण किया संक्षिप्त समाचार प्रदेश की लोक गायिका सीमा कौशिक को महिला जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वहीं दुर्ग की रीति देशलहरा को पार्टी की कोर कमेटी का सदस्य बनाया गया है आयकर विभाग ने चौबीस अधिकारियों के स्थानांतरण का आदेश जारी किया है इस फेरबदल से छत्तीसगढ़ में पदस्थ अधिकारी भी प्रभावित हुए हैं